वे आज कोरोना महामारी के संबंध में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अभी महामारी के आठ संभावित टीकों का विकास परीक्षण के विभिन्न चरणों में है उन्होंने कहा कि अनुसंधान वैज्ञानिकों से टीके को मंजूरी मिल जाने के बाद ही टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री ने बताया कि टीकों का मूल्य राज्य सरकारों की सलाह से तय किया जाएगा और आम लोगों के स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी उन्होंने कहा कि देश में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्वाओं को टीके लगाए जाएंगे

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते तीन वर्षो में सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों का समान विकास सुनिश्चित किया है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण प्रदेश भी प्रभावित हुआ है लेकिन सरकार ने विकास की गति को जारी रखने के लिए कई कदम उठाए हैं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने योजनों के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया सांसद किशन कपूर भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए एम्बुलेंस शिमला शहर में कोरोना जांच के लिए एक मोबाईल एम्बुलेंस को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज रवाना किया उन्होंने कहा कि शहर में ऐसे बुजुर्ग और दिव्यांगजन जो जांच के लिए अस्पताल आने में असमर्थ है उनकी सुविधा के लिए ये एम्बुलेंस शुरू की गई है भारद्वाज ने कहा कि सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिए सजग है और समय समय पर लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जा रहे हैं हाईकोर्ट कोविड प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते हिमाचल सरकार को केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं न्यायालय ने सरकार को बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों का कोरोना टैस्ट अनिवार्य बनाने पर विचार करने को कहा है कोविड सेंटर कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते मण्डी जिले में सुंदरनगर का बीबीएमबी अस्पताल डेडिकेटिड कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा

आगामी सोमवार से शुरू होने वाले इस कोविड सेंटर के लिए स्टाफ को पूरी तरह प्रशिक्षित किया जा रहा है मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पिति के उदयपुर में आज वर्चुअल माध्यम से आईटीआई छात्रावास की आधारशिला रखी उन्होंने उदयपुर में वन विश्राम गृह और सिस्सु में लोकनिर्माण भवन का भी लोकार्पण किया उन्होंने कहा कि उदयपुर आईटीआई में तीन नए ट्रेड शुरू किए जाएंगे

शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार की प्राथमिकता संकमण से लोगों की जान बचाना है और विपक्ष को सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों का स्वागत करना चाहिए गोविंद ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं जमीनी स्तर पर महामारी से उत्पन्न स्थिति की निगरानी कर रहे हैं सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने विपक्ष के नेता को मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं पर टिप्पणी करने के बजाए कांग्रेस विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को संभालने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता नकारात्मक टिप्पणियां कर कोरोना और सरकार को लेकर बेबुनियाद बयानबाजी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है जबकि कांग्रेस एक क्षेत्रीय दल से भी नीचे का राजनीतिक दल बन कर रह गया है

नाहन में आज अभियान की समीक्षा बैठक में उपायुक्त आरकेपरूथी ने जानकारी दी

बैठक आत्मनिर्भर भारत अभियान और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम प्रकोष्ठ की राज्य स्तरीय बैठक आज सोलन में हुई प्रकोष्ठ के मुख्य सलाहकार भूपराम वर्मा ने बताया कि बैठक में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने पर चर्चा की गई